मुख्यमंत्री इस दौरान इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे इनमें खुंडिया में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना का शिलान्यास और आईटीआई भवन का लोकार्पण शामिल है मुदा कार्ड केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को कल पांच वर्ष प्रे हो रहे हैं

इस योजना का उद्देश्य किसानों को हर दो वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है

गौरव सिंह कुल्लू शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने व यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिऐ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है जिला पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कल कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि मिशन जीरो के तहत शहर में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक चालान के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है उन्होने बताया कि इससे चालान सिस्टम में पारदर्शिता और सरलता भी आएगी

प्रधानमंत्री ने लोगों से विचार भेजने का आग्रह किया है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या ऑन माइ जीओवी पर लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर प्राप्त लिंक को फॉलो कर अपने सुझाव भी दे सकते हैं

प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय कुमार ने कहा कि वन कर्मी वर्षभर द्रदराज के क्षेत्रों में चुनौती भरी परिस्थितियों में काम करते हैं उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से अधिकारियों व कर्मचारियों में आपसी भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा मिलता है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश मंत्रिमण्डल के फैसलों से जुड़ी खबर को आज सभी समाचारपत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में सस्ती होगी शराब अब रात दो बजे तक खुले रह सकेंगे बार होटल पंजाब केसरी की सुर्खी है प्रदेश में सस्ती होगी शराब दैनिक जागरण के शब्द हैं शराब टोल से भरेगा खजाना होटलों के साथ बार मध्य रात्रि दो बजे तक खुले रख सकेंगे दिव्य हिमाचल के मुताबिक हिमाचल में इस बार न शराब ठेके नीलाम होंगे न टोल बैरियर

हिमाचल दस्तक ने लिखा है आबकारी नीति में हए बड़े बदलाव सस्ती होगी शराब

दैनिक जागरण का शीर्षक है स्कूल की केमिस्ट्री लैब में धमाका चार बच्चे घायल सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम की सूची पर लगाई मुहर पीसीसी की नई टीम का ऐलान जल्द होने की सम्भावना आपका फैसला की खबर है